केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करने का लिया निर्णय

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए छः पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन प्लांट नागरिक अस्पताल पालमपुर क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी नागरिक अस्पताल रोहडू व खनेरी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्थापित किए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने आज चंबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांगड़ा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर एक समीक्षा बैठक की उन्होंने जिले में कोविड के मामलों में हुई तेज वृद्धि के दृष्टिगत कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए

बाद में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के परौर स्थित राधास्वामी सतसंग ब्यास का दौरा भी किया और अस्थाई कोविड अस्पताल के जल्द निर्माण के निर्देश दिए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से सिराज क्षेत्र के लोगों को अनेक सुविधाएं मिलेगी मुख्यमंत्री ने निष्पादन एजेंसियों को इन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि थुनाग में बस अडडे का निर्माण किया जाएगा जिससे क्षेत्र में बसों के परिचालन के लिए उचित स्थान सुनिश्चित होगा इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज विधायक पवन नैयर और जियालाल भी मौजूद रहे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों पर गहरी चिंता जताई है एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण को रोकने और इसकी चेन तोड़ने का अब एक मात्र उपाय लॉकडाउन ही रह गया है राठौर ने कहा कि सरकार को कोरोना संकमण पर काबू पाने के लिए तुरंत ही कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए देश में एक समान नीति बननी चाहिए ताकि राज्य आपस में बेहतर तालमेल के साथ इस महामारी से कारगर ढंग से निपट सके

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में व्यापक स्तर पर कोरोना परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है कोविड की दूसरी लहर ने मामले बढ़ने के चलते सरकार ने परीक्षण सहित टीकाकरण अभियान को भी बढ़ावा दिया है

कोरोना मरीज आग्रह इस बीच कोरोना संक्रमित होने के बाद धर्मशाला क्षेत्रीय अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौटी पूजा शर्मा ने लोगों से चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को लेकर नकारात्मक सूचनाएं न फैलाने का आग्रह किया है उनका कहना है कि इससे कोरोना योद्वाओं का मनोबल गिरता है

एक बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में सभी को मदद के लिए आगे आने की आवश्यकता है

कोविड प्रोटोकॉल राज्य स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन कोविड मरीजों के लिए उपचार संबंधी नया प्रोटोकॉल जारी किया है इसके तहत ज़िलों को बच्चों और व्यस्क कोविड मरीजों के लिए उपचार की अलग अलग व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं विभाग के प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि नए दिशा निर्देशों में कोविड मरीजों और उनके सहायकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने पर बल दिया गया है कोविड मरीजों के सहायकों के लिए अलग क्षेत्र चिन्हित करने को भी कहा गया है इसके अलावा उन्हें पेयजल और चिकित्सकों से सम्पर्क करने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी सहायक प्रतिदिन वरिष्ठ चिकित्सकों से मरीजों के बारे में जानकारी ले सकेंगे और मरीज भी अपने सहायकों से हर रोज कम से कम एक बार वीडियो कॉल कर बातचीत कर सकेंगे भाजपा प्रदर्शन प्रदेश भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा की है

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मामले पर केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट में देश सहित प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता जहां मानव सेवा में जुटे हैं वहीं तृणमुल कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा कर रहे हैं जो बेहद निंदनीय है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने भी पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद हो रही हिंसा की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक है प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करने का लिया निर्णय और स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन कोविड रोगियों के लिए उपचार सबंधी नया प्रोटोकॉल किया जारी